सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी की बजाए शव वाहन में ले जाया गया इससे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना के डेढ़ हजार से अधिक मामले सामने आये हैं

राज्यसभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त बैठक करेगी

इनमें सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन करना तथा एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने के लिए दीर्घाओं तथा कक्षों का इस्तेमाल भी शामिल हैं

अनंत चतुर्दशी प्रदेश में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है इस अवसर पर घर घर बिराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इक्टठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केन्द्र बनाये हैं राजधानी भोपाल में भी लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही विसर्जन किया जा रहा है

बाढ स्वास्थ्य प्रदेश में बारिश रूकने से नर्मदा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है हालांकि अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है होशंगाबाद में नर्मदा नदी में इस साल बाढ़ की जो स्थिति बनी वैसी पिछले कई वर्षो में नहीं देखी गयी थी इसके बीच भी स्वास्थ्य विभाग ने बान्द्राभान सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक दवाओं सहित आवश्यक सेवाएं पहुॅचाई